देश में अब तक साढ़े सात करोड़ से ज्यादा लगाये जा चुके हैं टीके झारखंड से सटे राज्य छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्वांजलि राज्यभर में अप्रैल माह की शुरूआत से ही बढ़ रही है तेजी से गरमी झारखंड सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है ईस्टर का पर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर पर दी शुभकामनाएं

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीकेपॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे

राज्य में संक्रमण तेजी से फैल रहा है स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और नियंत्रण क्षेत्र बनाने को कहा है

अस्पतालों और अन्य अलग अलग जगहों पर टीका लगाने की व्यवस्था की जा रही है

उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायड्र ने लोगों से कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर तरह की सावधानी का पालन करने को कहा है उन्होंने लोगों से जल्दी ही कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद श्री नायड् ने यह बात कही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड से सटे राज्य छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर सीमा पर शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि जवानों ने पूरे साहस के साथ उग्रवादियों का मुकाबला किया रक्षामंत्री ने कहा कि जवानों के इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी श्रद्वांजलि दी उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की श्री जावडेकर ने झारखण्ड और छत्तीसगढ में बढती नक्सल गतिविधियों पर भी चिंता व्यक्त की

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि चुनाव मैदान में भाजपा के गंगा नारायण सिंह और झामुमो के हफिजुल हसन के अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार ठाकुर उत्तम कुमार यादव किशन बथवाल और राजेन्द्र कुमार है इससे पूर्व उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अतिसंवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर केन्द्रीय सुरक्षाबल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है केन्द्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पांच वर्ष में पच्चीस हजार पांच सौ छियासी करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है इस राशि को एक लाख चौदह हजार तीन सौ बाईस खातों में जमा कराया गया आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सुजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पांच अप्रैल दो हजार सोलह को यह योजना शुरू की गई थी इस योजना का वर्ष दो हजार पच्चीस तक विस्तार किया गया है इसका उद्देश्य महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है हजारीबाग जिले के उग्रवाद प्रभावित चुरचू प्रखंड के नगड़ी में अब विकास की बयार बहने लगी है नाबार्ड के आजीविका एवं उद्यम कार्यक्रम के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू की गई है

मांड् विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा में बनाए रखा जा सकता है

इस अवसर पर नाबार्ड के डीडीएम प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है साथ ही हजारीबाग रांची बनारस कोलकाता जैसे शहरों में बाजार की भी व्यवस्था की जा रही है कोडरमा पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड से तकरीबन साढ़े सात किलो अवैध अफीम के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों में चतरा के गिददौर और सिमरिया के चार लोगों का समूह शामिल है बरामद किए गए अफीम को एक स्विफ्ट कार के जरिये चतरा जिले से पंजाब ले जाया जा रहा था पुलिस अफीम तस्करी में शामिल मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों हाथियों के विचरण से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है हाथियों का झूंड खेतों में लगी फसलों को क्षति पहुंचा रहा है

हांथियों का आतंक पिछले एक महीने से मरकच्चो प्रखंड के बेरहवा जंगल से सटे पपलो अम्बाडीह मरकच्चो भगवतीडीह नादकरी हरलाडीह खेरौंन क्षेत्रों में देखा जा रहा है

इसका उद्घाटन श्री पटना साहिब के जत्थेदार रंजीत सिंह और तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना के उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह ने किया कार्यक्रम के दौरान शबद् कीर्तन और लंगर का भी आयोजन किया गया

इस तरह जो चिलचिलाती गर्मी अभी लोगों को परेशान कर रही है वह छह अप्रैल से झुलसाएगी

ईस्टर का पर्व आज झारखंड सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके प्नर्जीवित होने की ख्शी में मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति प्रेम और आपसी भाई चारे के गुणों को अपनाएं उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तीकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनियाभर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं